प्रधानमंत्री ने पंचायती राज दिवस पर लगभग चार लाख नौ हजार लोगों के बीच इ सम्पत्ति कार्ड का ऑनलाइन वितरण किया बोकारो जिले के बुंडू पंचायत को बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार से दूसरी बार किया गया सम्मानित कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद राज्य में स्वस्थ होने वाले मरीजों की रिकवरी रेट छिहत्तर दषमलव तीन शुन्य प्रतिषत होने के साथ तीन हजार दो सौ पांच मरीज स्वस्थ हुए और मुख्यमंत्री ने आज कोरोना संक्रमित मरीजों की सुविधा के लिए कोविड सर्किट का किया उद्घाटन कोरोना संक्रमित मरीजों को कोविड सर्किट के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाए उपलब्ध होगी कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से उपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवायें सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें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 प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों से कोविड संबंधी सभी एहतियात का पालन करने और देश में महामारी की दूसरी लहर से निपटने में मदद करने का आग्रह किया है देश भर में स्वामित्व योजना का शुभारंभ करने के लिए आयोजित एक समारोह में आज श्री मोदी ने ग्रामीण भारत के लोगों के हौसले की सराहना की उन्होंने कहा कि पिछले साल सभी लोगों ने पूरी निष्ठा से कोविड सम्बंधी एहतियातों का कड़ाई से पालन कर कुछ ही समय में राष्ट्र को इस महामारी से मुक्ति दिलाने में मदद की थी

इस मौके पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले पंचायतों को भी पुरस्कृत किया गया ऑनलाइन समारोह को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य की पंचायतों ने पिछले वर्ष कोरोना के दौरान बेहतर काम किया है वहीं झारखंड के बोकारो जिले के बुंडू पंचायत को बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार से दूसरी बार सम्मानित किया गया है बोकारो जिला प्रषासन ने पंचायत के मुखिया को दूसरी बार बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार से सम्मानित होने पर बधाई दी है धनबाद सदर अस्पताल को रविवार से मॉडल अस्पताल के रूप में मरीजों के लिए चालू कर दिया जाएगा

इसको लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है डॉक्टर पारा मेडिकल स्टाफ सभी को आज धनबाद टाउन हॉल में कोविड मरीजों के इलाज को लेकर ट्रेनिंग दी गई वहीं दूसरी ओर जिले में ऑक्सीजन की कमी भी अब दूर हो जाएगी ऑक्सीजन सिलेंडर की एक खेप आज दुर्गापुर स्टील प्लांट से धनबाद सदर अस्पताल पहुंची सभी आईसीयू बेड को ऑक्सीजन के लिए पाइप लाइन से जोड़ा जाएगा

बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय कंट्रोल रूम के सफल संचालन एवं कोविड मरीजों को सहायता पहुंचाने के लिए प्रतिदिन दो शिफ्ट में चार सदस्यगण नियमानुसार उपस्थित रहेंगे जिन सदस्यों को अस्पताल प्रभारी नियुक्त किया गया है वह अस्पताल के प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर डिस्टचार्ज हुए मरीजों की खाली बेड की जानकारी प्राप्त कर कोविड मरीजों को एडमिशन कराने में सहायता पहुंचाएंगे

यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की छिहत्तरवीं कड़ी होगी यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा

आकाशवाणी दूरदर्शन समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा

राज्य में पिछले चौबीस घंटों के दौरान पांच हजार सात सौ इकतालीस नये मरीजों की पुष्टि हुई है वहीं तीन हजार दो सौ पांच मरीज स्वस्थ हुए हैं वहीं कल तिरसठ लोगों की मौत कोरोना संकमण के कारण हो गई है स्वास्थ्य विभाग के रिपोर्ट के अनुसार कुल सकिय मरीजों की संख्या फिलहाल तैतालीस हजार चार सौ पंद्रह है वहीं एक दिन में तिरसठ मौतों के साथ मरने वालों की संख्या एक हजार सात सौ अठहत्तर हो गई है इधर कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद रिकवरी रेट छिहत्तर दषमलव तीन शुन्य प्रतिषत हो गई है

इसी तरह अन्य जिलों में भी बड़ी संख्या में संक्रमित मिले हैं राहत की बात यह है कि इस बीच बड़ी संख्या में मरीज स्वस्थ भी हुए है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज कोरोना संक्रमित मरीजों की सुविधा के लिए कोविड सर्किट का उद्घाटन किया रांची और जमशेदपुर में कोविड सर्किट का हेमंत सोरेन ने ऑनलाइन उदघाटन किया इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह व अन्य अधिकारी मौजूद रहे मुख्यमंत्री ने उदघाटन करने के बाद उसे हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया

रांची और जमशेदपुर के अस्पतालों में मरीजों को अगर ऑक्सीजन युक्त बेड उपलब्ध नहीं होती है तो उन्हें निकटतम जिले में यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी

यह सुविधा पूरी तरह से निःशुल्क है झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने आज पार्टी के सभी जिलाध्यक्षोंजोनल कोर्डिनेटर कार्यकारी अध्यक्षों के साथ वर्चुअल बैठक की इस दौरान विभिन्न जिलाध्यक्षों और पार्टी नेताओं की ओर से प्रदेश अध्यक्ष से यह शिकायत की गयी कि आपदा की इस घड़ी में निजी अस्पतालों द्वारा मनमानी की जा रही है पार्टी नेताओं ने बताया कि कई निजी अस्पताल द्वारा ऑक्सीजन रहने के बावजूद ऑक्सीजन सिलेंडर मरीजों को नहीं उपलब्ध कराया जा रहा हैबेड और वेंटिलेंटर उपलब्ध कराने में भी मनमानी की जा रही है इन अस्पतालों में दलाल सक्रिय है और लोगों से मोटी रकम वसूली जा रही है

कोरोना संकमण के दौर में लातेहार जिला प्रषासन ने दवाइयों की कालाबजारी को लेकर दवा द्वानदारों को चेतावनी दी है

सरायकेला में खाद्य सामग्रियों के मूल्य वृद्धि को लेकर सूचना आने के बाद चेंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा मामले को संज्ञान में लेते हुए तुरंत कार्रवाई की गई है चेंबर ऑफ कॉमर्स की आवश्यक बैठक मारवाड़ी धर्मशाला में हुई जिसमें वर्तमान आवश्यक वस्तुओं की मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए ठोस कदम उठाया गया है चेंबर द्वारा सभी आवश्यक वस्तुओं की मूल्य निर्धारित कर दी गई है थोक मूल्य एवं खुदरा मूल्य अलग अलग हैं इधर अनुमंडल पदाधिकारी रामकृष्ण कुमार ने चेंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थो के मूल्यों को सार्वजनिक करते हुए कहा कि समय समय पर दुकानदारों की भंडारण स्थिति पता लगाने के लिए जांच की जाएगी इसके साथ ही मूल्य वृद्धि से संबंधित शिकायत पाए जाने पर दुकानदार पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी महान संगीतकार भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी का जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है इस अवसर पर संगीत सभाओं के साथ साथ पंडित भीमसेन जोशी की स्मृतियों पर आधारित कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं